कल हो सकती है औपचारिक घोषणा बसपा प्रमुख मायावती ने महागठबंधन में शामिल होने से इंकार किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से आहवान किया है कि वे मतदाता के रूप में अपना शीघ्र पंजीकरण करा लें लोकतंत्र के चार अनुरोध नाम से लिखे ब्लॉग में श्री मोदी ने कहा कि लोग अपना आवेदन सीधे बूथ स्तरीय अधिकारी को दे सकते हैं इसके अलावा निर्वाचन आयोग की वेबसाइट एन वी एस पी डॉट आई एन के माध्यम से भी पंजीकरण कराया जा सकता है उन्होंने लोगों से अपने परिवार मित्रों और सहयोगियों से मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की है प्रधानमंत्री ने राजनीतिक व्यापारी कार्यकर्ता खिलाड़ी फिल्मकार मीडिया और समाज के प्रबुद्ध लोगों से अनुरोध किया है कि वे मतदाताओं के बीच में जागरूकता पैदा करें श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष का चुनाव उन लोगों के लिए विशेष है जो इक्कीसवीं सदी में पैदा हुए और वोट देने के योग्य बने हैं महागठबंधन के घटक दलों के बीच लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत अंतिम चरण में पहुंच गया है इसे लेकर घटक दलों के वरिष्ठ नेताओं की आज नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी शामिल रहे इसमें प्रदेश कांग्रेस के नेता भी मौजूद थे बैठक के विषय में मीडिया को कोई जानकारी नहीं दी गयी बैठक से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा था कि इसमें महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम फैसला किया जायेगा कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं की बैठक होगी और उसके बाद सीटों के बंटवारे को लेकर औपचारिक घोषणा हो सकती है इधर मुकेश सहनी ने दरभंगा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा जतायी है उन्होंने कहा कि सहमति बनती है तो वे महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में चुनाव में खड़े होंगे बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी बिहार में महागठबंधन में शामिल नहीं होगी उन्होंने प्रदेश इकाई को सभी चालीस सीटों के लिये उम्मीदवारों के चयन का निर्देश दिया है सुश्री मायावती ने कहा कि जल्द ही सभी सीटों के लिये उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जायेगी भाकपा माले ने राज्य की छह लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट़टाचार्य ने बताया कि आरा सीवान वाल्मीकीनगर काराकाट और पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगा उन्होंने बताया कि इन सीटों पर चुनाव की तैयारी और उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर सत्रह मार्च को पटना में पार्टी की राज्य समिति की बैठक होगी जदयू के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह ने कहा है कि पार्टी की पाटलिपुत्र और पटना साहिब लोकसभा सीट पर दावेदारी नहीं है आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य के हर प्रमंडल में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी लेकिन इसमें एनडीए के सभी दलों की सहमति होगी उन्होंने कहा कि एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे के लिये मंथन अंतिम दौर में है श्री सिंह ने कहा कि अठारह मार्च से पहले सीटों के साथ साथ प्रत्याशियों के नामों की भी घोषणा कर दी जायेगी जहानाबाद के सांसद अरूण कुमार ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस के बिहार प्रभारी सचिव वीरेन्द्र राठौर से मुलाकात की सूत्रों ने बताया कि श्री कुमार ने जहानाबाद सीट के लिये कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में टिकट की मांग की है निर्वाचन आयोग ने चूनाव खर्च की जानकारी नहीं देने के कारण प्रदेश के एक सौ दो नेताओं के लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है इनमें से अधिकांश निर्दलीय और राज्य की पंजीकृत पार्टियों के उम्मीदवार हैं मुख्य चूनाव अधिकारी एचआर श्रीनिवास ने कहा कि चूनाव खर्च की जानकारी देना सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है उन्होंने बताया कि जिन उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई है उनकी सूची संबद्ध निर्वाचन अधिकारियों के पास भेज दी गई है जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इन उम्मीदवारों को अपने नामांकन पत्र दाखिल करने से रोक दिया जाए निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चूनाव के दौरान काले धन की आवाजाही पर अंकूश लगाने और निगरानी के लिये सभी जिलों में आयकर विभाग की एक एक टीम को लगाया है अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने आज संवाददाताओं को बताया कि पटना हवाई अड़डे पर चार और गया हवाई अड़डे पर आयकर विभाग की एक एक टीम तैनात रहेगी वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने समन्वित कार्रवाई को लेकर विचार विमर्श के लिये सोलह मार्च को रेलवे आयकर और एयरपोर्ट अधिकारियों की बैठक बुलायी है शिक्षा विभाग ने चूनाव प्रचार के लिये सरकारी विद्यालयों के भवन और परिसर के उपयोग पर रोक लगा दी है विभाग ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र निर्गत कर दिया है पत्र में आदेश का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है साथ ही स्कूल प्रबंधन से कहा गया है कि यदि उनके विद्यालय में किसी भी राजनीतिक दल का बैनर पोस्टर हो तो उसे तत्काल हटा दिया जाये आदेश का पालन नहीं करने वाले विद्यालय के प्रमुखों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवायी जायेगी पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि कोई राजनीतिक दल या उम्मीदवार सरकारी विद्यालयों के भवन या परिसर का जबरन उपयोग करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी निर्वाचन आयोग ने चूनाव प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर नजर रखने के लिये मॉनिटरिंग सेल का गठन किया है इसमें आठ मीडिया विशेषज्ञों को शामिल किया गया है यह सेल च्रनाव के दौरान राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया पर विज्ञापन और किसी पार्टी को समर्थन करने वाली गतिविधियों पर नजर रखेगा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र क्शवाहा ने अपने ऊपर लोकसभा टिकट बेचने के आरोपों को खारिज किया है आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदीप मिश्र से उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से पैसा लिया था श्री क्शवाहा ने कहा कि यदि टिकट बेचने की बात साबित हो जाती है तो वे तत्काल राजनीति से सन्यास ले लेंगे मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के अठारह आरोपियों के खिलाफ आरोप दायर करने को लेकर आज दिल्ली की साकेत स्थित विशेष पोक्सो अदालत में सुनवाई पूरी हो गयी अदालत ने कहा कि अठारह मार्च को इन सभी के खिलाफ आरोप तय किया जायेगा समस्तीपूर में कल सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत के बाद आक्रोशित लोगों द्वारा थाने पर पथराव किये जाने के मामले में शिवाजी नगर पूलिस आउटपोस्ट के प्रभारी पवन कुमार को निलंबित कर दिया गया है वहीं पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर ने रोसड़ा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की है आर्म्स एक्ट मामले में पिछले वर्ष बीस नवम्बर से जेल में बंद पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को आज रिहा कर दिया गया गौरतलब है कि कल पटना उच्च न्यायालय ने मंजू वर्मा को नियमित जमानत दे दी थी औरंगाबाद स्थित सिन्हा कॉलेज में आग लग जाने से पचास से अधिक कम्प्यूटर जलकर नष्ट हो गये वहीं मुजफ्फरपुर शहर के मोतीझील चौक पर एक दुकान में आग लग जाने से लाखों रूपये मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गयी वहीं शहर के मांझी टोला में अगलगी की घटना में साठ झोपड़ियां जलकर राख हो गयी दूसरी तरफ समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के खतुआहा में अगलगी की घटना में बीस कच्चे घर जलकर नष्ट हो गये पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज रेलवे स्टेशन पर रेल पुलिस ने सत्याग्रह एक्सप्रेस में छापेमारी कर सात किलोग्राम चरस जब्त किया है बरामद चरस की कीमत लगभग डेढ़ करोड़ रूपये बतायी जाती है शेखपुरा जिले के चेवाड़ा स्थित आजाद मैदान में खेले जा रहे हेमन ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के लीग मुकाबले में लखीसराय की टीम ने शेखपुरा को छह विकेट से पराजित कर दिया

कल हो सकती है औपचारिक घोषणा बसपा प्रमुख मायावती ने महागठबंधन में शामिल होने से इंकार किया